लाहौल स्पिति ज़िले में केलंग उदयपुर रूट पर बस सेवा शुरू भाजपा घोषणापत्र भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणापत्र जारी किया भाजपा ने घोषणापत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में संकल्प पत्र जारी किया गया

पार्टी ने आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाशत न करने आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलो को सशक्त बनाने और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध रूप से बसने पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई है मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जारी पार्टी के संकल्प पत्र की सराहना करते हुए इसे एक नए व विकसित भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता बताया है

सम्मेलन में मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह व भाजपा नेता गोबिंद ठाकुर भी मौजूद रहे

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने शिमला से जारी ब्यान में कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र के माध्यम से दर्शा दिया है कि भाजपा के लिए देश की एकता और अखंडता अधिक महत्वपूर्ण है वहीं भाजपा नेता वीरेंद्र कवंर ने कहा कि संकल्प पत्र के माध्यम से भाजपा ने देश और दुनिया को बता दिया है कि उसके लिए देश का सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरी है इस बीच भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने की बात कही है जिससे खिलाड़ियों के विकास को नई गति मिलेगी वरिष्ठ भाजपा नेता व सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च रखते हुए सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने पार्टी के संकल्प पत्र को देश के विकास का पत्र बताया है शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के धामी में एक चुनाव जनसभा में उन्होंने ये बात कही

संसदीय क्षेत्र के बंगाणा में अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन ऊना के अपर देहला में और हरोली के ललड़ी में महिला मोर्चा सम्मेलनों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी के संकल्प पत्र में सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है उन्होंने कहा कि पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनावों के लिए राष्ट्र निर्माण का अपना विजन संकल्प पत्र के माध्यम से देश के सामने रखा है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि भाजपा द्वारा आज जारी किए गए संकल्प पत्र में पुराना राग अलापा गया है

कुलदीप राठौर ने बताया कि मंडी में कल कांग्रेस का जरनल हाऊस आयोजित किया जाएगा वीरभद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा के संकल्प पत्र को जुमलों का पत्र करार दिया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र में नया कुछ भी नहीं है और इसमें पुराने ही मुददे दिखाई दे रहे हैं वीरभद्र सिंह ने कहा कि इसमें न तो बेरोजगारों के लिए कोई वायदा है और न ही किसानों के लिए

इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार की अध्यक्षता में सोलन में चुनाव डियूटी में लगे अधिकारियों को मतदान संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से आज एक कार्यशाला लगाई गई इस दौरान तहसीलदारो एआरओ और मास्टर ट्रेनरों को चुनाव से पूर्व व चुनाव के बाद बरती जाने वाली सावधानियों के अलावा वीवीपैट और ईवीएम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई उधर बिलासपुर ज़िला निर्वाचन अधिकारी विवेक भाटिया ने सी विजिल ऐप के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ आचार्य को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है इधर किन्नौर ज़िला के रिकांगपिओ में सहायक निर्वाचन अधिकारी कल्पा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए एक कार्यशाला लगाई गई इस दौरान उम्मीदवार व राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च के संचालन पर जानकारी दी गई इस बीच कांगड़ा जिले के नगरोटा कांगड़ा शाहपुर और धर्मशाला क्षेत्रों में तैनात सैक्टर अधिकारियों के लिए धर्मशाला में चुनाव पूर्वाभ्यास करवाया गया

एसडीएम अमर नेगी ने केलंग से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बस सेवा शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि केलंग दारचा सड़क की हालत ठीक न होने पर अभी इस रूट पर बस सेवा आरंभ नहीं हुई है जबकि केलंग कोकसर सड़क से बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है स्वीप प्रदेश में मतदाताओं को वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में ऊना के संतोषगढ़ में आईटीआई के विद्यार्थियों को स्वीप टीम के सदस्यों ने युवाओं को मतदान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया

उधर किन्नौर ज़िला के रिकांगपिओ में लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई जिसे ज़िला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद ने हरी झंडी दिखाई